उन्होंने कहा कि हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएस आई का पूरा संरक्षण प्राप्त था लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी कामरान पर हमला कर उसे ढेर कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने बताया कि सी आर पी एफ के घायल जवान स्वस्थ हो रहे हैं उन्होंने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहें लेफिटनेंट जनरल ढिल्लो ने कहा कि कश्मीर में जो भी बंद्रक उठायेगा उसे मार गिराया जाएगा

श्री खान ने पुलवामा हमले पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि इस घटना को लेकर भारत ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा पुलवामा की घटना की किसी भी तरह की जांच कराने के वास्ते पाकिस्तान तैयार है साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव खत्म कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से तत्काल कदम उठाने की अपील की है पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दोनों देशों के बीच तनाव की खत्म कराने की सहायता की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरस को सोमवार को पत्र लिखा है इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जैश ए मोहम्मद और उसके नेता अजहर मसूद को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में डाले जाने का विरोध नहीं करें

इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अंर्पित किये

शहीद श्योराम के अंतिम संस्कार से पहले आज उनके घर बेटी का जन्म हुआ उनकी पत्नी सुनिता देवी ने अंतिम दर्शन करने के बाद बेटी को जन्म दिया केन्द्र सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढावा देने के लिए स्टार्टअप को आयकर में छूट देने की प्रकिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और घरेलू व्यापार प्रोत्साहन विभाग जल्दी ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा इससे स्टार्टअप को आयकर अधिनियम के तहत छूट मिलेगी

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश उत्तराखंड पंजाब केरल मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश तमिलनाडू गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल हैं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

कोई भी नागरिक अपने स्मार्ट फोन पर तीन बार लगातार पावर बटन दबाकर ई आर सी प्रणाली को सक्रिय कर सकता है

ईआरसी जिला कमान केन्द्रों और आपात सेवा वाहनों के साथ जुड़े होंगे जिनके माध्यम से पीडितों की मदद की जायेगी

गृह मंत्री ने दो पोर्टल का भी उद्घाटन किया ये हैं यौन अपराधों के लिए जांच निगरानी प्रणाली और सुरक्षित शहर निगरानी पोर्टल उन्होंने राज्यों के लिए डीएनए जांच सुविधाओं का भी शुभारंभ किया

श्री मोदी ने आज वाराणसी में गुरू रविदास जयंती पर उनके जन्म स्थल क्षेत्र के विकास परियोजना की आधार शिला रखते हुए कहा कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए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 इससे पहले श्री मोदी ने वाराणसी में डीजल इंजन कारखाने से डीजल से बिजली में परिवर्तित दस हजार हॉर्स पावर के दो इंजनों को रवाना किया ग्रु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ सुनील सिंह ने बताया कि प्रारम्भिक जांच में तेल और पाउडर से मिलाकर बनाया गया यह पनीर अलवर के रामगढ़ से सप्लाई होना पाया गया एफएसएसए के तहत मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया

भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ ने आज झोटवाडा पुलिस घूसकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा एक वक्तव्य जारी कर उन्होंने सरकार पर अपराधियों के पक्षधरों को बचाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसे अपराधियों और उन्हें सरक्षण देने वाले लोगों को छुपाने के बजाय जनता के सामने लाये

नये वर्ष की शुरूआत के बाद से प्रदेष में लगभग रोजाना किसी न किसी स्वाइनफ्लू रोगी की मौत हुई

स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के अनुसार स्वाइन फलू संक्रमित लोगों की संख्या में भी पिछले एक सप्ताह में कमी आयी है

सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने आज बोरदा गांव का दौरा कर आंगनवाड़ी केन्द्र का जायजा लिया